उल्लंघन पर एक वर्ष की जेल अथवा एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान

इसके साथ ही सरकार ने नर्मदा परिक्रमा पथ का विकास करने और पुजारियों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा भी की है इसके साथ ही प्रदेष सरकार द्वारा लोगों को एसएमएस के जरिए अपहरण जैसे अपराधों से सतर्क रहने के लिए जानकारी प्रदान की जाएगी संस्कृति एवं जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि राम पथ गमन का निर्माण सतना जिले के चित्रकट से अनुपपुर जिले के अमरंकटक तक किया जाना प्रस्तावित है मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान इसी रास्ते का प्रयोग किया था

मंत्रि परिषद ने प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ किये जाने वाले चिकित्सकों को विकासखण्ड स्तर पर आवास समूह और विकासखण्ड आवास समूह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिये विभागीय पूल वाहन के माध्यम से परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट पर मूक बधिर यात्रियों के लिए साइन लैंग्वेज हेल्पडेस्क की शुरुआत की गई है इस हेल्पडेस्क का शुभारंभ एयरपोर्ट एडवाइजरी कमिटी के अध्यक्ष और इंदौर र्क सांसद शंकर लालवानी ने किया मूक बधिर यात्रियों के लिए इस तरह की हेल्प डेस्क शुरू करने वाला इंदौर देश का पहला एयरपोर्ट है इस मौके पर शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर शहर हमेशा सामाजिक कामों में आगे रहता है और इंदौर एयरपोर्ट भी कई मामलों में मिसाल पेश कर रहा है इस मौके पर एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीमती अर्यमा सान्याल भी मौजूद थी

ये स्कूल कर्नाटक के बीजापुर महाराष्ट्र के चंद्रपुर उत्तराखंड में घोड़ाखाल आंध्र प्रदेश में कलिकिरी और कर्नाटक में कोडागु में है

यह पहली बार है जब सैनिक स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है इसरो उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अत्याध्रनिक भू पर्यवेक्षी उपग्रह कार्टोसैट थ्री का आज सफल प्रक्षेपण किया

इसरो ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकर्त हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

इसका उद्देश्य ई सिगरेट के उत्पादन व्यापार आवाजाही भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना है विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर एक वर्ष की जेल की सजा अथवा एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों ही दंड एक साथ देने का प्रावधान है

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ई सिगरेट बनाने वाली कम्पनियां भारत के युवाओं को अपना निशाना बना रही थी उन्होंने कहा कि सरकार तम्बाकू सेवन के खिलाफ जागरूकता के लिए प्रयासरत है फिल्म पर्यटन प्रदेश सरकार फिल्म पर्यटन नीति बना रही है जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भी सरकार निर्माताओं और निर्देशकों को आमंत्रित कर रही है यह जानकारी पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने आज एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान दी

उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रदेश में आने से रोजगार और निवेश की व्यापक संभावनाएं निर्मित होंगी कोदौ प्रदेष के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ अंचल में उत्पादित कोदो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खुषबू बिखेर रहा है

कोदो कटकी मध्मेह नियंत्रण ग्र्दो के लिए लाभकारी है कोदो कुटकी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए रामबाण माना जाता है

कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई संविधान दिवस के मौके पर आयोजित यह कार्यक्रम गांधी स्मारक परिसर में नगर निगम के सहयोग से आयोजित हुआ कार्यक्रम में तिलवारा घाट उच्चतर माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों रोटरी क्लब जबलपुर के सदस्यों ने रैली निकालकर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गर्ल्स ब्लाइंड स्कूल की छात्राओं के स्वच्छता बैंड ने गीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया

जिला चिकित्सालय गुना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आरोन में यह शिविर लगाए जाएंगे

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक रसोई गैस के आठ करोड़ कनेक्शन दिये गये हैं

प्रशिक्षण में अधिकारियों ने बताया कि नक्सली क्षेत्र में काम करने के दौरान जंगल को मित्र बनाना चाहिये